कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम स्तर तक टीकाकरण की पूरी व्यवस्था की जाए खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले बूज्र्गों तक टीकाकरण के लिए पहंचना होगा

कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर करते हए उन्होंने कहा कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं म्ख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक टेस्ट करने हैं और मृत्य् दर को कम करना है इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकोल का पालन किया जाए उन्होंने कोविड से होने वाली हर मृत्यु की जांच करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए सबको मास्क पहनाना है और सबका वैक्सीनेशन कराना है म्ख्यमंत्री ने कहा कि क्म्भ के मददेनजर हरिद्वार देहरादून टिहरी और पौड़ी जिलों में विशेष तैयारी के साथ ही अधिक से अधिक टेस्टिंग करायी जाय

केंद्र निर्देश केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविडसंक्रमण की श्रंखला तोडने के लिए जांच का दायरा बढाने और कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों प्लिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की कोविड चंपावत कोरोना वायरस की नई लहर की रोकथाम के लिए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है

उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के तहत ट्रैकिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिये साथ ही मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के अन्य नियमों का पालन कराने को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाने को कहा उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के अधिक मामले मिल रहे हैं वहां से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा चमोली कोविड बैठक चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर कोविड टीकाकरण किया जाएगा जिससे गांव के ब्ज्गों और असहाय लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिये

उन्होंने कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिये

सल्ट के रिटर्निंग आफिसर राहल शाह ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी ने आज नाम वापसी के दिन अपना नाम वापस नहीं लिया है इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सल्ट विधानसभा उपच्नाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कोर कमेटी की बैठक ली उन्होंने निर्देश दिये कि उपच्नाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जरूरी जागरूकता कार्यक्रम के अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली स्विधाओं का प्रचार प्रसार किया जाए उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदाता के लिए पोलिंग बूथ में ग्लव्स और हैन्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी है इसके अलावा पोलिंग पार्टियों के लिए फेस शील्ड मास्क ग्लव्स और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गयी हैं पोलिंग बूथ में थर्मल स्कैनिंग और दो गज की द्री का भी प्रा पालन कराया जाएगा उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है

ऐसे पात्र लोगों को उनके घर पर ही मतदान की स्विधा दी जाएगी समीक्षा म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर दिया जाए उन्होंने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभी भवन नहीं बने हैं उनके निर्माण कार्यो में तेजी लाई जाय यह स्निश्चित किया जाय कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल और बिजली की सुचारू आपूर्ति हो जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की समस्या है उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जायेगी

यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे चफाल पौडी प्रदेश के पेयजल मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह च्फाल ने पेयजल विभाग को निर्देश दिये हैं कि पौड़ी जिले में गर्मी के मौसम में लोगों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जाए

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर जनता के लिए बहउददेश्यीय शिविर लगाने को कहा ताकि लोगों की समस्याओं का जल्दी निराकरण हो सके उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये

जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे

इस दौरान नंदप्रयाग सेकोट कोठियासैंण चमोली मोटर मार्ग से वाहनों की आवाजाही सुचारू रहेगी एनएचआईडीसीएल ने चमोली चाढ़े पर मार्ग सुधारीकरण के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया था कि यहां पर लगातार ट्रैफिक चलने से मार्ग स्धारीकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है इसको देखते हए रविवार से यहां पर ट्रैफिक रूट डाइर्वट किया गया है हवाई सेवा देहरादून एयरपोर्ट से जल्द ही तीन नई हवाई सेवाएं श्रू होंगी एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने बताया कि देहरादून से इलाहाबाद अहमदाबाद और बेंगल्रु के लिए हवाई सेवा श्रू की जाएंगी उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है सभी यात्रियों से कोविड नियमों का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है कृंभ के साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी हवाई अड्डे पर सभी तैयारियों को प्रा कर लिया गया है परिवहन निगम सेवा टिहरी जिले के प्रतापनगर के ग्राम म्खेम क्ड़ी और खिट्टा में परिवहन निगम की बसें चलने लगी हैं इस पर क्षेत्रीय जनता ने म्ख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक विजय सिंह पंवार का आभार व्यक्त किया है स्थानीय लोग लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे थे